त् पूरे प्रदेष में श्रद्वापूर्वक मनाई जा रही है ईद लॉकडाउन को देखते हुए सादगी से मनाई जा रही है ईद

नये मामले आने की यह सबसे अधिक संख्या है

राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या अभी भी बढ़ रही है पिछले छह दिनों में औसतन चौबीस कोरोना संकमित प्रतिदिन मिल रहे हैं कल सत्ताईस नये कोरोना संकमित पाये गए राज्य में संकमितों की कुल संख्या तीन सौ सतहत्तर हो गयी है राज्य के खूंटी और साहिबगंज जिले में कोरोना का अब तक एक भी मामला सामने नहीं आया है केंद्र सरकार के निर्णय के आलोक में आज से रांची से भी घरेल विमान सेवा षुरू हो गई है फिलहाल नौ विमानों का परिचालन दिल्ली मुंबई और हैदराबाद के लिए षुरू किया जा रहा है यात्रियों के लिए सोषल डिस्टेंसिंग के साथ ही संकमण से बचाव के लिए पूरी तैयारी की गयी है इस संबंध में राज्य के परिवहन विभाग द्वारा राज्य में टैक्सी के परिचालन के लिए विस्तृत निर्देष जारी किया गया है

एयरपोर्ट आने जाने के लिए लोगों को दिए गये निर्देषों का पालन करना होगा गृहमंत्रालय ने विदेशों में फंसे और विदेश यात्रा के इच्छुक भारतीय नागरिकों के आवागमन के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया जारी की है स्वदेश लौटने वाले विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापसी के लिए भारतीय दूतावासों में अपना पंजीकरण कराना होगा ये लोग नागरिक उड्डयन मंत्रालय से अनुमति प्राप्त गैर व्यवसायिक उड़ान या सैन्य मामलों के विभाग या जहाजरानी मंत्रालय से अनुमति प्राप्त पोत से वापसी कर सकते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने यात्रा के लिए नये दिशा निर्देश जारी किए हैं इसमें यात्रियों को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप रखने को कहा गया है राज्यों से सुनिश्चित करने को कहा गया है कि वे हवाई अड्डों रेलवे स्टेशनों तथा बस अड्डों पर थर्मल स्क्रीनिंग की सुविधा दें

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान योजना के तहत क्षेत्रीय संपर्क विमान सेवाओं को फिर से शुरू करने का फैसला किया है नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल जानकारी देते हुए बताया कि उडान सेवा के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर्वतीय राज्यों ट्वीपों और अन्य छोटे मार्गों को प्राथमिकता दी जाएगी

संयुक्त अरब अमारात से अधिकतम उडानें निर्धारित की गई हैं

वंदे भारत मिशन के अन्तर्गत संयुक्त अरब अमारात से पिछले दो सप्ताह से अधिक समय के दौरान लगभग छह हजार भारतीयों को वापस लाया गया है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

मुख्यमंत्री ने लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि प्रेम और भाईचारे के इस पावन पर्व पर सभी घर पर ही नमाज अदा कर इंसानियत और खुशहाली के लिए दुआ करें आपस में दूरियां बनायें मगर दिलों को जोड़े रखें मुस्लिम धर्मग्रूओं ने सभी मुसलमानों से अपील की है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए वे केवल अपर्न घर पर ही नमाज अदा कर ईद मनाये संकट की इस घड़ी में लोगों को कोई भी त्यौहार सामाजिक दूरी तथा साफ सफाई के नियमों का पालन करते हुए मनाना चाहिए कांग्रेस विधायक राजेन्द्र प्रसाद सिंह की अंत्येष्टि कल पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके पैत्रिक निवास से की जायेगी आज शाम तक उनका पार्थिव शरीर उनके आवास पर पहुंचेगा आज रांची कांग्रेस भवन में दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी गयी कांग्रेस भवन में आयोजित शोक सभा में दिवंगत नेता को मंत्री रामेष्वर उरावं बादल पत्रलेख के साथ धीरज साहू और गीताश्री उरावं ने भी श्रद्वांजलि दी बेरमो विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह का कल दिल्ली में इलाज के कम में निधन हो गया बेरमो विधायक के निधन की खबर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केन्द्रीय मंत्री अर्ज्न मुंडा भाजपा प्रदेष अध्यक्ष दीपक प्रकाष सहित अन्य नेताओं ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है और कहा है कि श्री सिंह राजनीति से उपर उठकर हमेषा मानव समाज के हित की बात सोचते थे राज्य के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने चतरा में कोरोना योद्वाओं को एक बार फिर सम्मानित किया है सदर अस्पताल में मंत्री ने सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए दिनरात जान जोखिम में डाल आम लोगों की रक्षा में जुटे चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों समेत सफाई कर्मियों को गमछा साबुन मास्क व सेनेटाइजर देकर सम्मानित किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारे कोरोना योद्वा स्वास्थ्य कर्मी अपने परिवार और खुद की जान की परवाह किए बगैर लोगों को जीवन दान देने में जुटे हैं इन कोरोना योद्दाओं का त्याग देश और राज्य कभी नहीं भूलेगा गुजरात से पाकुड़ पहुंचे एक ही परिवार के चार लोग कोरोना पोजेटिव पाये गए है

उन्होंने बताया कि प्ररा परिवार कटकमदाग के सिरसी का रहनेवाला है यह युवती अपने पिता और मां के साथ निजी वाहन से मुम्बई से हजारीबाग पहंची थी

इसमें दो सिलवार एवं दो बड़कागांव के एनटीपीसी के आईटीआई में बने एकांतवास केंद्र में रह रहे हैं सभी को इलाज के लिए हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लाया गया है

इन सभी मजदूरों की थर्मल स्कैनिंग करते हए बायोडाटा तैयार किया गया उपायुक्त मृत्युंजय कमार बरणवाल के आदेश पर जिला मुख्यालय स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में नया क्वारेंटाईन सेंटर में इन मजदूरों को ठहराया गया है खूंटी जिला प्रषासन और सखी मंडल के संयुक्त प्रयास से जिले के पंचायतों में मुख्यमंत्री दीदी किचन का संचालन कर जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है

रांची जिले के राहे प्रखंड के अनगड़ा थाना क्षेत्र के कनकट्टा गाँव में एक पैंतीस वर्षीय महिला चूड़ामणि देवी का शव कल एक कुआँ से बरामद किया गया मृतका का शरीर पर पत्थर बांधा हुआ है मृतका के परिजनों का कहना है कि वह दो दिनों से लापता थी परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची परिजनों से भी प्रछताछ कर रही है पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है धनबाद स्थित झरिया अंचल के जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के बरारी एक नंबर में कल एक घर से तीन लोगों का शव बरामद किया गया

स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना जोड़ापोखर पुलिस को दी गई पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन की स्थानीय लोगों के अनुसार तीनों की मौत तीन चार दिन पूर्व हो चुकी है